गृहमंत्री आज चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देशहित में ही अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया गया है इस अवसर पर सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्म कश्मीर में हालात सामान्य है

नरेन्द्र मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए हैं केन्द्र ने उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है व्यौरा हमारे संवाददाता से प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश में स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के साथ साथ देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित करना है सरकार ने बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रुपये आवंटित किया है बड़े स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमो की शुरुआत से वंचित तबके के छात्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिल रही है इसके अलावा सरकार खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी

एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में एक करोड से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बन चके हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले यह अभियान ग्यारह अगस्त तक ही चलने वाला था परन्तु अब यह अभियान बीस अगस्त तक चलेगा भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय संगठन पर्व के रूप में सदस्यता का बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है दो दिन पहले तक के आंकडे के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही एक करोड से भी अधिक सदस्य बन चुके हैं पहले यह अभियान ग्यारह अगस्त तक चलने वाला था अब यह अभियान बीस अगस्त तक चलेगा और इसमें बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड रहे है दसरा अभी जो एक बहत बड़ा फैसला भारत की संसद ने देश के सामने कर के दिया है वह जम्मू कश्मीर के धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाने का है

कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है प्रदेश के शिवमंदिरो में श्रद्दालुओं और कॉवरियो की भारी भीड़ के मददे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गये हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु और कॉवरिये आज ही से ही पहुंचने लगे हैं ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व कल प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जायेगा

मस्जिदो के आस पास सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद है

सभी जोन और सेक्टर की जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों को दी गयी है मस्जिदो के आस पास सी सी टी वी कैमरे भी लगाए गये हैं